श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के लोकार्पण के अवसर पर यह बात कही उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और प्रतिभा क्षमता को कई गुना बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी आकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच एक सेतु है उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान भारत में प्रौद्योगिकी के जरिये प्रशासन में सुधार और बदलाव देखने को मिला है

उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए केवल प्रौद्योगिक ही नहीं बल्कि मानवीय और सही दिशा में मंशाएं भी महत्वपूर्ण हैं पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के लेखक टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चन्द्रशेखरन और रूपा पुरूषोत्तम हैं

मतदान सुबह सात बजे से शाम छ बजे तक होगा मतगणना चौबीस अक्टूबर को कराई जायेगी प्रदेश की जिन विधान सभा सीटों के लिए उपचुनाव कराये जा रहे हैं वे हैं लखनऊ कैण्ट सहारानपुर की गंगोंह रामपुर अलीगढ़ की इग्लास कानपुर की गोविंदनगर चित्रकूट की ग मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी सीट निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बाइट प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कुल एक सौ नौ उम्मीदवार मैदान मे है दो हजार तीन सौ सात मतदान केंद्रों पर चार हजार पांच सौ उन्नतीस बूथ बनाए गए है जहां लगभग उन्नीस लाख महिलाओं सहित इकतालीस लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे इस चुनाव में भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी बड़ पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे है निष्पक्ष स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य पुलिस और पीएसी के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है

एम एसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए ग्यारह सामान्य प्रेक्षक के अलावा तीन सौ सैंतीस सेक्टर मजिस्ट्रेट साठ जोनल मजिस्ट्रेट चार सौ इकहत्तर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पांच सौ बीस माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किये गये है चूनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए इक्कीस हजार से अधिक कर्मचारियों को मतदान ड्यूटी पर लगाया गया है

वे कल लखनऊ में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि समाज की उर्जा को जोड़कर सकरात्मकता के साथ किया गया आयोजन ही पर्व है अयोध्या में छब्बीस अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम के अलावा इसी माह दीपावली गोवर्धन पूजा आदि त्यौहार मनाये जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन सभी त्यौहारों का आयोजन शान्ति एवं उल्लास पूर्ण वातावरण में सुनिश्चित करना चाहती है मुख्यमंत्री ने आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने बारूद और पटाखों के कारण होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने के साथ साथ पटाखों की बिक्री लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा शहर के बाहर खुले स्थान पर सुनिश्चित करने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पच्चीस अक्टूबर को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की जा रही है जिसका राज्य और जनपद स्तर पर वृहद आयोजन किया जायेगा वीडियों कांफ्रेंन्सिग के दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गोवंश को रखने के लिए सभी जनपदों को आवंटित धनराशि का उपयोग करने के भी निर्देश दिये

भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों को भी निशाना बनाया जहां से भारत में आतंकियों की घ्रसपैठ में मदद दी जा रही थी भारतीय सेना ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए तोपों का इस्तेमाल भी किया सेना की कार्रवाई में नीलम घाटी स्थित कुछ आतंकी ठिकाने नष्ट हो गये और इस कार्रवाई में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है भारतीय सेना ने यह कार्रवाई कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की अकारण गालीबारी के जवाब में की पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में दो भारतीय सैनिक शहीद हो गए और एक अन्य व्याक्ति की मौत हा गई कठुआ में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की खबरें हैं

श्रीमती ईरानी ने कहा गांधी जी जीवन पर्यन्त ग्रामोत्थान के लिए कार्य करते रहे केन्द्रीय मंत्री ने कहा केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन आयुष्मान योजना और किसान सम्मान योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है उन्होंने कहा कि अमेठी में विकास कार्य दिख रहे हैं

मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को पूरी मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार इस गंभीर मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और दोषी लोगों को कतई बख्शा नहीं जायेगा इस बीच कमलेश तिवारी हत्याकांड की चल रही जांच के दौरान पता चला है कि हत्या के संदिग्ध आरोपी लखनऊ के ही एक होटल में ठहरे थे सूत्रों के अनुसार होटल के कमरे से बरामद किये गये भगवा कपड़ों पर खून के निशान मिले ह पुलिस ने संदिग्ध सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है गौरतलब है कि हिन्दू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की गत शुक्रवार को लखनऊ स्थित उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस सिलसिले में गुजरात स्थित सूरत के रहने वाले तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही हैं

उन्होंने कहा कि जल्द ही समझौता हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय में श्रीमती सीतारमन और अमरीकी वित्त मंत्री स्टीवन म्यूचिन के बीच एक चर्चा के दौरान व्यापार समझौते का मुद्दा भी उठा म्यूचिन अगले महीने भारत यात्रा पर आने वाले हैं भारत इस्पात और एल्युमिनियम के कुछ उत्पादों पर अमरीका में लगाये गये उच्च शुल्क से छूट की मांग कर रहा है साथ ही कृषि ऑटोमोबाइल कलपुर्जे और इंजीनियरिंग सहित कई क्षेत्रों में अपने उत्पादों के लिए बाजारों में पहुंच बढ़ाना चाहता है

आज फिलिपींस की राजधानी मनीला में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्हाने कहा कि भारत को भी अन्य देशों में रह रहे भारतवंशियों के सहयोग की आवश्यकता है श्री कोविंद दो देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल फिलिपींस से जापान के लिए रवाना होंगे

अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म हेल्लारो और मनु अशोक की मलयालम फिल्म उयारे इस समारोह में शामिल हैं